आज उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है जिन्होंने इस युद्ध में बलिदान दिया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान को नमन किया है

यहां उन्होंने इस युद्ध से जुड़ी चित्र प्रदर्शनी का निरीक्षण किया

कवि सम्मेलन में राहत इंदौरी कुमार विश्वास संपत सरल रास बिहारी गौड़ कर्नल वीपी सिंह जैसे विख्यात कवि अपनी रचनाओं की प्रस्तुति देंगे पन्ना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सुबह शहर में विजय दौड़ का आयोजन किया गया खंडवा खरगोन उमरिया और गुना में विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में जांबाज सैनिकों का सम्मान किया गया सतना सागर जबलपुर रायसेन शिवपुरी विदिशा सिवनी बालाघाट ग्वालियर भिण्ड मुरैना नरसिंहपुर इंदौर छिंदवाड़ा झाबुआ बड़वानी रतलाम और नीमच सहित सभी जिलों में विजय दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

सत्र के दौरान सदन की कल पांच बैठके होंगी जिसमें शासकीय विधि विषयक और वित्तीय कार्य संपादित किए जाएंगे

शीतकालीन सत्र के किसी भी एक दिन सभी विधायक एक जैसा कुर्ता पायजामा और जैकेट पहनेंगे

सत्र प्रारंभ होने की पूर्व संध्या पर आज शाम भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर कांग्रेस विधायक पक्ष की महत्वपूर्ण बैठक होगी वहीं विपक्षी दल भाजपा ने भी आज विधायक दल की बैठक बुलाई है जिसमें सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जायेगी

मनरेगा अन्तर्गत कराये गये उत्कृष्ट कार्य और केन्द्र सरकार द्वारा कराये गये सत्यापन के बाद जिले का चयन इस पुरूस्कार के लिये किया गया है

भोपाल संभाग में शीतलहर जैसे हालात है

इंदौर ग्वालियर भिंड मुरैना श्योपुर दतिया गुना खरगोन पचमढ़ी रायसेन राजगढ़ शाजापुर उज्जैन छिंदवाड़ा जबलपुर मंडला नरसिंहपुर रीवा उमरिया और अन्य जिलों में भी कड़ाके की ठंड के कारण लोगों की सामान्य दिनचर्या प्रभावित हो रही है

मौसम विभाग ने सागर रीवा जबलपुर भोपाल ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में कल भी कहीं कहीं घना कोहरा छाने का पूर्वानुमान जताया है

मुख्यमंत्री कमलनाथ पांच दिवसीय फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे